मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा उत्पाद और ऊर्जा क्षेत्र के तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये

वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में आठ लोगों की मौत

शिक्षा पर पैंतीस हजार करोड़ से अधिक खर्च किये जायेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बैठक हुई बैठक में व्यापार निवेश रक्षा तथा सुरक्षा आतंकवाद से निपटने ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया भारत और अमरीका ने मानसिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा समेत तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत अमरीका संबंधों को व्यापक वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है बाईट अमेरिका और भारत के संबंध सिर्फ दो सरकारों के बीच नहीं हैं बल्कि पीपुल ड्रिवन हैं पीपुल सेंट्रिक हैं और इसलिए आज राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने हमारे संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों ने रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला किया है इससे पहले राष्ट्रपति ट्रम्प और श्रीमती मिलानिया ट्रम्प का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेज बारिश और ओलावृष्टि से जानमाल की व्यापक क्षति पहुंची है मुंगेर गोपालगंज सारण पूर्वी चंपारण और बांका जिले में वज्रपात की अलग अलग घटना में आठ लोगों की मौत हो गयी ओलावृष्टि से खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है विभिन्न जिले से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मौसम में अचानक परिवर्तन और बारिश ओलावृष्टि से खेतों में लगी फसल को काफी नुकसान हुआ है सीतामढ़ी समस्तीपुर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण अरवल औरंगाबाद शिवहर वैशाली लखीसराय दरभंगा समेत विभिन्न जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से दलहन तिलहन समेत विभिन्न फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के देवक्लिया गांव में बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि के कारण बर्फ का चादर जैसा नजारा देखने को मिला मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना वैशाली मुजफ्फरपुर नालंदा नवादा जहानाबाद समेत विभिन्न जिलों में तेज आंधी गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज विधान सभा में दो लाख ग्यारह हजार सात सौ इकसठ करोड रुपये का बजट पेश किया वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के बजट में चालू वित्त वर्ष की तुलना में ग्यारह हजार दो सौ साठ करोड रुपये की बढोतरी की गयी है अपने बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है

बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी लागू नहीं करने का संकल्प पारित किया है साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को भी वर्ष दो हजार दस के प्रावधानों के अनुरूप ही कराने पर सहमति दी गयी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को जानकारी दी कि पन्द्रह फरवरी को ही राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र को अवगत करा दिया था कि राज्य में पुरानी फार्मेंट के तहत ही एनपीआर बनना चाहिए

निर्वाचन आयोग ने आज द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया चुनाव की अधिसूचना छह मार्च को जारी होगी तेरह मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे बिहार से राज्यसभा सांसद हरिवंश रामनाथ ठाकुर कहकशां परवीन डॉक्टर सी पी ठाकुर और आर के सिन्हा का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है सातवें पुनरीक्षित वेतनमान और सेवा शर्त समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर चले गये हैं इस हड़ताल के कारण विभिन्न स्कूलों में पठ्न पाठन प्रभावित हो रहा है साथ ही मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की मूल्यांकन कार्यों में भी इन शिक्षकों ने भाग लेने से इनकार कर दिया है राज्य सरकार ने चीनी निगम की बंद मिलों को लंबी अवधि की लीज पर हस्तांतरित कर पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है विधान परिषद में इससे संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि मिलों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी सार्वजनिक और सहकारिता क्षेत्र के निवेशकों को हस्तांतरित किया जायेगा उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले में बंद पड़े लोहट चीनी मिल को पुनर्जीवित करने के लिए कोई सफल निवेशक उपलब्ध नहीं हो सका है अब प्रस्तुत है हमारी विशेष श्रंखला हर एक काम देश के नाम इसके तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना के आज एक वर्ष पूरे हो गये

इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि यह स्मारक उन शहीदों की स्मृतियों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए भारत दौरे पर आये मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने आज बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति कल बोधगया और गया के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे राज्यपाल फागू चौहान ने आज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया श्री चौहान ने इस अवसर पर चिकित्सकों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ड्रीम परियोजना आयुष्मान भारत कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान करने का आह्वान किया सीतामढ़ी जिले के जनकपुर रोड नगर पंचायत चुनाव के सभी ग्यारह वार्डो के नतीजे घोषित कर दिये गये हैं दस वार्डो में पुराने प्रतिनिधियों को फिर से मौका मिला है अमेरिका के न्यूयार्क से आयी एक टीम ने आज नवादा जिले के रजौली और वारिसलीगंज का दौरा का वहां प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली

मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा उत्पाद और ऊर्जा क्षेत्र के तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये

वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में आठ लोगों की मौत

शिक्षा पर पैंतीस हजार करोड़ से अधिक खर्च किये जायेंगे